वे अगले महीने की अट्ठारह तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे वर्तमान प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई अगले महीने की सत्रह तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले हैं न्यायमूर्ति बोबडे का कार्यकाल सत्रह महीने का होगा राष्ट्र पति रामनाथ कोविंद द्वारा उनके नियुक्ति पत्र पर दस्तखत किये जाने के बाद केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने न्यायमूर्ति बोबडे को अगला प्रधान न्यायधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है निर्धारित प्रशिक्र या के अनुसार न्यायमूर्ति गोगोई ने इस महीने के शुरू में विधि मंत्रालय को पत्र लिखकर सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति बोबडे को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी डाक मतपत्र दिव्यांगजन और अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक अब अपना वोट डाक मतपत्र से दे सकेंगे ऐसे मतदाताओं के लिए मतदान के द्र तक जाकर निर्धारित प्रशिक्र या के तहत वोट देने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा

यह आवेदन पत्र चुनाव अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर चुनाव अधिकारी तक पहुंच जाने चाहिए आवेदन मिलने के बाद मतदाता को डाक मतपत्र जारी किया जाएगा वोट दर्ज कराए जाने के बाद डाक मतपत्र निर्दिष्ट कें द्र में जमा कराए जाएंगे निर्वाचन आयोग ने इन मतदाताओं के लिए बिना किसी बाधा के मतदान सुनिश्चित कराने की प्र तिबद्धता दोहराई पटेल जयंती लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं इकतीस अक्तूबर को पटेल जयंती के उपलक्ष्य में देश के सात सौ से अधिक जिलों के लाखों लोग एकता दिवस कार्य क्र मों में भाग लेंगे

यानी कि सरदान पटेल की जन्म जयंती के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी स्टेच्यू अॉफ यूनिटी केवडिया से देंगे सरदार पटेल को श्रद्दाजंलि और देशभर से सात सौ से ज्यादा जिलों से लाखों लोग जुड़ेंगे साथ लेकर एक लक्ष्य एक भारत श्रेष्ठ भारत इधर छत्तीसगढ़ में भी सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाने की तैयारियां की जा रही हैं रेलवे टिकट रिफंड भारतीय रेलवे ने अधिक त रेलवे टिकटिंग एजेंटों के जरिए से बुक किए गए टिकटों के लिए एक नई वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आधारित वापसी प्रणाली शुरू की है इस पहल का उद्देश्य आरक्षित ई टिकटों के लिए एक पारदर्शी और ग्राहक अनुकूल धनराशि वापसी प्रणाली लाना है इस नई प्रणाली को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईआरसीटीसी लागू करेगा ओटीपी बुकिंग के समय उपलब्ध कराए गए यात्री के पंजी कृ त मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा यात्री को वापसी राशि प्राप्त करने के लिए टिकट बुक करने वाले एजेंट के साथ ओटीपी साझा करना होगा योजना का उद्देश्य रद्द टिकट के धन वापसी प्रशिक्र या को और अधिक सुव्यवस्थित करना है ताकि ग्राहकों को रद्द टिकट की धनराशि को समय पर वापस किया जा सके राष्ट्रीय मीडिया सम्मान आवेदन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मीडिया संस्थानों को राष्ट्रीय मीडिया सम्मान से सम्मानित किया जाएगा इसके लिए मीडिया संस्थानों से इकतीस अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इस संबंध में आयोग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि मीडिया संस्थान चार अलग अलग वर्गो में आवेदन कर सकते हैं इनमें प्रिंट मीडिया टेलीविजन रेडियो और अॉनलाइन सोशल मीडिया समूह शामिल हैं इसके तहत मतदाता शिक्षा और जागरूकता तथा मतदान के महत्व और प्रासंगिकता को समझाने के लिए उनके संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों तथा अभियानों का स्पष्ट तौर पर उल्लेख कर आवेदन भेज सकते हैं अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों तथा अनुशंसाओं को आयोग द्वारा गठित निर्णायक मण्डल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा निर्णायक मंडल द्वारा चयनित संस्थानों को अगले वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस पच्चीस जनवरी को सम्मानित किया जाएगा आवेदन तथा अनुशंसा के लिए निर्धारित मापदण्ड की विस्तृत जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में भी देखी जा सकती है

दो नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन के तहत छत्तीसगढ़ में भी केंद्रीय उप क्र मों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अनेक कार्य क्र म आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में भिलाई इस्पात संयंत्र में आज जन जागरूकता के लिए पैदल मार्च किया गया पैदल मार्च को संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस दौरान बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मानव श्रृंखला बनाई इस अवसर पर भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एकजुट होकर उपाए करने के लिए भी कहा गया वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलमंडल में रेल उपभोक्ताओं को जागरूक करने सतर्कता सप्ताह का आयोजन किया गया इसके तहत अधिकारियों कर्मचारियों को भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए कार्य करने की शपथ दिलाई गई राज्योत्सव छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर एक से तीन नवंबर तक राजधानी रायपुर के साईस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा राज्योत्सव के शुभारंभ समारोह में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल होंगी वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा ने आज राज्योत्सव स्थल का निरीक्षण किया इस अवसर पर पुलिस और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे निरीक्षण के बाद श्री लखमा ने पत्रकारों को बताया कि राज्योत्सव में स्थानीय कलाकार खासतौर से बस्तर और सरगुजा के लोक कलाकारों को प्रदर्शन का अवसर दिया जाएगा राज्योत्सव स्थल पर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए जाएंगे दीपावली प्रद्रषण दीपावली पर रायपुर और भिलाई में पिछले साल की तुलना में प्रदूषण में कमी आई है पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक रायपुर में वायु प्रदूषण में सात दशमलव चार प्रतिशत और भिलाई में नौ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है गौरतलब है कि पटाखों के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे इसका पालन करते हुए राज्य सरकार ने जन जागरूगता अभियान भी चलाया था और रात दस बजे के बाद पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था इन सभी प्रयासों के कारण रायपुर शहर में हवा में धूल के कणों की संख्या इस बार तिहत्तर माइ क्रोग्राम प्रति घन मीटर रही वहीं सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्र ोजन आक्साइट के स्तर में भी कमी आई है भाईदूज दीपावली के पांचवे दिन आज देश सहित प्रदेशभर में भाईदूज का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है भाईदूज के मौके पर बहनों ने भाईयों को टीका लगाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की भाईयों ने भी बहनों को उपहार दिया कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाए जाने वाले इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करने वाले इस पर्व को लेकर एक किवदन्ति यह भी है कि यम देवता ने अपनी बहन यमी को लंबे इंतजार के बाद इस दिन दर्शन दिया था तभी से यह प्रथा चली आ रही है प्रधानमंत्री नरेन् द्र मोदी ने भाईदूज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि यह त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच के संबंधों को मजबूत बनाता है शालेय क्रीडा प्रतियोगिता उन्नीसवीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आगामी इकतीस अक्टूबर से जगदलपुर के प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम में शुरू होगी तीन नवंबर तक चलने वाले इस स्पर्धा में एथलेटिक्स डॉजबाल और नेटबॉल की प्रतियोगिताएं होंगी इस स्पर्धा में चौदह से उन्नीस आयु वर्ग के बालक और बालिका भाग लेंगे

इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके आमजनों से मुलाकात करेंगी